नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग संघ के कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि अनलॉक फेज वन में अधिकतर औद्योगिक इकाईयां शुरू हो चुकी हैं अनुराग ठाक्र ने देश को फिर से विकास के पथ पर लाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटेंट इनक्लूजन इन्वेस्टमेंट इनफ़ास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर बल दिया है उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए मेड इन इंडिया से बढ़कर मेड फॉर वर्ल्ड आज के समय की जरूरत है अनुराग ठाक्र ने देश को आत्मनिर्भर बनाने उत्पादन व निर्यात को बढ़ाकर भारत को इकॉनोमिक सुपर पावर बनाने के सीआईआई के लक्ष्य का स्वागत करते हुए सभी देशवासियों से इसमें सहयोग की अपील की है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनलॉक के तीसरे चरण में स्कूलों को खोलने की स्थिति पर हितधारकों से बातचीत की जाएगी भारद्वाज ने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने पर ही विद्यार्थी स्कूल आने में सक्षम होंगे वीरेंद्र कंवर प्रदेश सरकार राज्य में पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और वर्तमान में प्रदेश में एक हजार किलोग्राम पश्मीना ऊन का उत्पादन हो रहा है

सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र के कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करने के बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कहीं सैजल ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपसी तालमेल की जरूरत भी बताई गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में चिकित्सकों के साथ एक बैठक की और अस्पताल में मरीजों का कुशलक्षेम पूछा इसके अलावा उन्होंने ढालपुर बाजार में व्यापारियों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की इससे पहले उन्होंने भूट्टी चौक पर बन रहे सब वे का भूमि पूजन भी किया गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत है

कांगड़ा और मंडी जिले में आज कोरोना के दो दो नए मामले सामने आए हैं

कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकांश व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं ई पीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ई पी एफ ओ ने पेंशन धारकों को कम्यूटेड पेंशन का भुगतान करने के लिए एक सौ पांच करोड़ रुपये के बकाया सहित आठ सौ अड़सठ करोड़ रूपये जारी किये हैं

विश्वविद्यालय शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनलॉक वन के तहत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को सौ प्रतिशत हाजरी के साथ विश्वविद्यालय आने के आदेश जारी किए है

उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी को मास्क पहनना सोशल डिस्टैंसिंग व स्वच्छता कायम रखने की नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी